हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक रोड़ शो में हिस्सा लेंगे

कुछ मंचों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के बारे में प्रदर्शिनी भी लगाई गई है अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के दो दिवसीय दौरे का यह पहला दिन होगा और अहमदाबाद में उनके स्वागत की तैयारी बहुत उत्साह से की जा रही है

पत्रकारों से नई दिल्ली में बातचीत के दौरान विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने कल यह जानकारी दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करा रही और पिछले ढाई वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में ढाई लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गयी है उन्होंने कहा कि चालीस लाख से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जोड़ा गया है श्री योगी आज गोरखपुर में गीडा के गैलेंट इस्पात द्वारा गोद लिए गये बसिया और लुचई गांवों में विकास कार्यों के लोकार्पण के दौरान एक कार्यकम को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए औद्योगिक इकाइयों में प्रशिक्षण के लिए नयी योजना लेकर आयी है इसमें युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ ढाई हजार रूपये मासिक भत्ता दिया जाएगा उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में प्रत्येक जिले में युवा हब बनाने का प्रावधान किया गया है इससे युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक्सप्रेस वे मेट्रो रेल हवाई अड्डों मेडिकल कॉलेजों विश्वविद्यालयों और पेयजल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि गांवों का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता में है श्री योगी ने कहा कि ग्राम सभाओं को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जा रहा है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत से जनकल्याणकारी कार्यों में योगदान देने का भी आह्वान किया उन्होने कहा कि जन सहभागिता से प्रदेश म विकास कार्यों को और गति दी जा सकती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि निराश्रित गोवंश संरक्षण के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं है इस कार्य में कोई शिथिलता नहीं बरती जाये श्री योगी ने कहा किसानों की फसलों को निराश्रित गोवंश से किसी भी तरह का नुकसान न हो सरकार इस दिशा में काम कर रही है श्रो योगी कल वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मण्डल और जनपदीय अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे उन्होंने कहा कि किसानों को बिना ईयर टैग निराश्रित गोवंश न दिया जाये जनपदों में ईयर टैग उपलब्ध करा दिये गये हैं मुख्यमंत्री ने बताया कि दो फरवरी से राज्य में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रत्येक रविवार मुख्यमंत्री आरोग्य मलों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें अंतिम पायदान के व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं उन्होंने स्वास्थ्य मेलों के आयोजन के लिए जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ने के निर्देश दिये वीडियो कांफेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने आगामी त्यौहारों के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये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

काशी महाकाल एक्सप्रेस रेलगाड़ी की सेवा आज आम लोगों के लिए शुरू हो गई है यह आई आर सी टी सी की तीसरी निजी रेलगाड़ी है यह रेल सेवा तीन ज्योतिर्लिंगों इंदौर में ओंकारेश्वर उज्जैन में महाकालेश्वर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ को आपस में जोड़ेगी पहली काशी महाकाल रेलगाड़ी वाराणसी से चलकर कल सुबह महाशिवरात्रि के दिन इंदौर पहुंचेगी रातभर चलने वाली आई आर सी टी सी की यह पहली रेलगाड़ी है आई आर सी टी सी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अश्विनी श्रीवास्तव ने हमारे संवाददाता को बताया कि आई आर सी टी सी इस रेलगाड़ी में उच्च स्तर की सुविधाओं के साथ ही ओंकारेश्वर का यात्रा पैकेज भी देगी रेलगाडी का एक तरफ का किराया एक हजार नौ सौ इक्यावन रूपये होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को इसे रवाना किया था

भक्ति संगीत प्रत्येक कोच में दो सुरक्षागार्ड और केवल शाकाहारी व्यंजन इस थर्ड एसी रेलगाड़ी की विशेषताओं में है यह रेलगाड़ी सप्ताह में तीन बार वाराणसी और इंदौर क बीच चलेगी सूचना और प्रसारण मंत्रालय पूरे देश और प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का आयाजन कर रहा है इसका उद्देश्य देश के लोगों विभिन्न समुदायों और राज्यों के बीच सदियों पुराने संबंधों को उजागर करना तथा भारत के लोगों की एकता और अखंडता को दर्शाना है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत कल मथुरा में राष्ट्रीय मल्लखम्ब प्रतियोगिता का आयोजन किया गया यह प्रतियोगिता शहर के वात्सल्य ग्राम मे आयोजित की गयी कल अंतिम दिन खिलाड़ियों ने मल्लखम्ब पर अपने हैरतअंगेज करतबों से सभी को अचंभित कर दिया प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का दबदबा रहा पूरी सीरीज में खिलाड़ियों के व्यक्तिगत और सामूहिक प्रदर्शन के नम्बर जोड़े गये जिसके आधार पर विजेता टीम की घोषणा की गयी मल्लखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से खिलाड़ियों को मैडल प्रदान किये गये

इसमें बालकों के साथ बालिकाओं को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है

लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह के परिपेक्ष्य में स्टेट हुड डे आफ मेघालय का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत मेघालय राज्य की संस्कृति सभ्यता और परम्पराओं पर आधारित विभिन्न कार्यकम नाटक डॉक्यूमेंट्री क्विज क्षेत्रीय गीत संगीत रंगोली तथा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया कल महाशिवरात्रि के शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं इस अवसर पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशाल सिंह ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि मंदिर में भक्तों को सभी दिशाओं से प्रवेश दिया जायेगा और वे ऑन लाइन सुविधा का इस्तेमाल करके निविध्न रूप से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं

निर्माण के लिये जो रास्ता है वह बिल्कुल अलग बनाया गया है कॉरिडोर का जो निर्माण कार्य जिसमें की श्रद्दालुओं को चोट लगने का डर हो सकता है इस लिहाज से उस पूरे एरिया को ग्राडन ऑफ कर दिया गया है और भीड़ के दिनों में जो कार्य मंदिर की तरफ हो रहे है उनको फिर से रोक दिया जायेगा चारों तरफ से मंदिर खुल चुका है तो हर तरफ से अन्दर आने के लिये बाहर जाने के लिये हमरे पास अलग रास्ते है तो श्रद्दालुओं को कोई असुविधा न होने पाये इसका पूरा ध्यान रखा जायेगा अब आप सीधा अपने फोन से अपने एप से या वेबसाइट से आप अपने आरती पूजा सभी चीजों की बुकिंग कर सकते है और सारा पेमेन्ट आप ऑन लाइन कर सकते है कोई इसका कैश ट्रांजेक्शन नहीं है इसकी वजह से एक काफी अच्छा मैसेज लोगों में गया है कि पारदर्शिता है समयबद्वता है प्रसाद आदि भी उनको जो मिल रहा है वह ट्रस्ट की तरफ से उनको उपलब्ध कराया जा रहा है जो कि शुद्ध है प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृष्य सरस्वती के संगम तट पर कल पवित्र डुबकी लगाने क लिए बड़ी संख्या में श्रद्वालु पहुंचना शुरू हो गये हैं आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यहां पांच से दस लाख श्रद्धालुाओं के डुबकी लगाने की संभावना है